केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हथकरघा उदयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्प और पोर्टल की शुरूआत की

हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को पूर्ण क्षमता के साथ चलाने का फैसला किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को सशक्त बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलन के उदघाटन पर संशोधित करते हये श्री मोदी ने इस नई नीति को समग्र रूप से लागू करने पर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में और सूचना प्रदान करेगा जो इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मदद करेगी प्रधानमंत्री ने शिक्षा में बदलाव को समय की जरूरत हये कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली वैश्विक सतर पर होनी चाहिए उन्होंने कहा कि विदयार्थियों और य्वाओं को वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रयास करने चाहिए लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना चाहिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने पर बल दिया दिया क्योकि ये स्कूल के छात्रों की मदद करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि विदयार्थियों पर बोझ कम होना चाहिए क्योकि सूचना और विषय वस्त् का प्रसार काफी ज्यादा है पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्द्रल कलाम का जिक्र करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य अच्दे इन्सान बनाना होना चाहिए बेहतर भारत के लिए तेजी से स्धारों का आहवान करते हथे श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को जिज्ञासा और प्रतिबतद्धता से प्रेरित जीवन के लिए काम करना चाहिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विषय नीति पर सवालों और आशंकाओं का स्वागत किया उन्होंने कहा कि अब विदयार्थियों को एक कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में जाने की आज़ादी होगी केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उदघाटन े किया उन्होंने हथकरघा उदयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल एप्प और पोर्टल की श्रूआत भी की इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ब्नकों और सम्बधित पक्षों के साथ डिजीटल सम्पर्क कायम करना है उन्होंने कहा कि हथकरघा पोर्टल के माध्यम से लोग कपड़ा मंत्रालय दवारा शुरू किये गये कार्यक्रमों बारे जानकारी प्राप्त कर सकते है श्रीमती ईरानी ने कहा कि हथकरघा उदयोग भारत का सबसे प्राचीन उदयोग है और शुरू से ही देश की अर्थव्वस्था मे बहत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

उन्होंने कहा कि स्थानीय ब्नकर उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे दस हथकरघा शिल्प गांव बनाये जायेंगे

कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में बताया कि संधापित की गई प्रयोगशाला मध्मक्खी पालकों को घरेलू खपत और निर्यात के लिए गुण्वत्ता वाले शहद की उत्पादन करने में मदद करेगी

हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में टिड्डी दल के हमले का खतरा अभी टला नहीं है आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्स्थान के सभी जिलों में टिड़डी का भारी मात्रा में प्रजनन हआ है

एक सवाल के जवाब में उन्होंने उप च्नाव में जीत का दावा किया और कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों मे बराबर का काम हआ है और केन्द्र व राज्य सरकार ने किसानों के हित के लिए कई कदम उठाये है हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को पूर्ण क्षमता के साथ चलाने का फैसला किया है राज्य परिवहन विभाग के निदेशक ने इस सम्बधी निर्देश जारी कर दिये है

बसों में किसी को भी खड़े होकर यात्रा करने की अन्मति नहीं है

सिरसा के महाप्रबंधक रण सिह प्निया ने बताया कि सिरसा डिप् से विभिन्न स्थानीय रूट के अलावा लंबे रूट पर भी बस सेवा शुरू कर दी गई है ग्रूग्याम से भी हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बसें अब पूरी क्षमता के साथ चलेगी लेकिन यात्रियों के लिए मास्क पहचनना अनिवार्य होगा

रोडवेज के परिवहन प्रबंधक भरत परमार ने बताया कि दोपहर को मिले आदेशों की पालना शुरू कर दी गई है सभी सीटों के लिए ब्किंग की जा रही है और यात्रा से पहने सभी यात्रियों की थर्मल स्कैंनिग को भी अनिवार्य किया गया है

सिविल सर्जन डॉ कुलदीप ने बताया कि आज अम्बाला शहर निवासी कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि लाकडाउन के दौरान हये शराब घोटाले की जांच के लिए लिए गठित विशेष इंक्वायरी टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लाकडाउन के दौरान प्रदेश में भारी मात्रा में नाजायज़ शराब की बिक्री हुई और पुराने सालों की शराब का स्टाक बेचा गया

उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सेट के गठन पर सवाल उठाया है उन्होंने अधिकारियों शेखर विद्यार्थी का बचाव करते ह्ये कहा कि ठेके बंद करने का निर्देश उन्होंने दिया था और उन्हें इस पर अमल की रिपोर्ट मिल गई थी